आयोग ने चुनाव घोषणा पत्र को अब आदर्श आचार संहिता का भाग बना दिया है इसके लिए पार्टियों के लिए चुनाव की घोषणा के बाद नियमों का पालन करना जरूरी है

इसमें यह भी कहा गया है कि एक से अधिक चरण के मतदान की स्थिति में भी प्रतिबंधित अवधि के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा संदेश चम्बा ज़िले में एलपीजी उपभोक्ताओं को सिलेंडर के साथ अब निर्वाचन आयोग का मतदाता जागरूकता संदेश भी उनके घर पहुंचेगा इसके लिए ज़िला निर्वाचन अधिकारी हरिकेश मीणा ने मतदाता जागरूकता की अपील व संदेश के साथ एक विशेष स्टिकर तैयार किया है ये स्टिकर चम्बा जिले में एल पीजी उपभोक्ताओं को प्रदान किए जाने वाले हर सिलेंडर पर लगाया जाएगा इसके अलावा सिलेंडर प्रदान करने वाले कर्मी भी लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित करेंगे ज़िले में स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी अरविन्द सिंह चौहान ने बताया कि ये स्टिकर वाहनों पर भी लगाए जा रहे हैं कांगड़ा प्रशासन कांगड़ा ज़िले में निष्पक्ष व स्वतंत्र निर्वाचन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ज़िला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि चुनाव प्रचार में लाउड स्पीकर के प्रयोग के लिए अनुमति लेना बेहद ज़रूरी है उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर की ध्वनि के डेसिबल भी तय किए गए हैं और निर्धारित डेसिबल से अधिक ध्वनि भी आचार संहिता का उल्लंघन मानी जाएगी

सोलन पुलिस लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सोलन में ज़िला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई इसमें पुलिस अधिकारियों को शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए मधुसूदन शर्मा ने बताया कि चुनाव से पूर्व या चुनाव के दौरान किसी भी तरह की घटना न हो इसके लिए विभाग अलर्ट है उन्होंने कहा कि सोलन ज़िले में दिन और रात के समय गश्त बढ़ा दी गई है इसके अलावा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाया गया अभियान भी जारी रहेगा नलवाड़ी मेला सप्ताह भर चलने वाला बिलासपुर का राज्यस्तरीय नलवाड़ी मेला आज शुरू हुआ

इस दौरान लुहणू स्थित मेला स्थल पर बैलों के पारम्परिक पूजन की रस्म भी निभाई गई अपने संबोधन में उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा कि मेलों के आयोजन से जहां प्राचीन संस्कृति का प्रचार प्रसार व संवर्धन होता है वहीं राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को भी बल मिलता है

इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों के स्वयं सहायता समूहों के हस्तनिर्मित उत्पाद देखने और खरीदने को मिलेंगे

धीरा के एसडीएम संजय स्वरूप ने बताया कि तीन दिवसीय इस उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न खेलकूद स्पर्धाएं करवाई जाएंगी इसके अलावा महिला मण्डलों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए रस्साकस्सी मटकाफोड़ रंगोली प्रतियोगिताएं और झांकियां भी आकर्षण का केन्द्र रहेंगी संजय स्वरूप ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ प्रदेश के अन्य ज़िलों के कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे

ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी विधिक सेवा सोलन जिले के सलोगड़ा में आज विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी राजेश चौहान ने उपस्थित लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाओं की जानकारी दी उन्होंने कहा कि लोग विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित हैल्पलाइन नम्बर नौ चार एक आठ शून्य तीन तीन तीन आठ पांच और टोल फ्री नम्बर एक पांच एक शून्य शून्य के माध्यम से भी विधिक सेवाओं से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं शिविर में भरण पोषण अधिकार अधिनियम घरेलू हिंस्सा और बाल सुधार योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई दुर्घटना सिरमौर जिले में चण्डीगढ़ देहरादून मार्ग पर मोगीनन्द के समीप आज सुबह सीमेंट से लदा एक ट्रक सलानी पुल से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया इस हादसे में ट्रक परिचालक की मौत हो गई जबकि चालक घायल हुआ है मृतक की पहचान अंबाला के सुनील कुमार जबकि घायल की उमेश कुमार के रूप में हुई है